आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान शहरी के छह सालों की उपलब्धियों को लेकर एक वेबिनार का आयोजन किया इस वेबिनार का शीर्षक था स्वच्छता के छह साल बेमिसाल आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अब स्वच्छ और भारत की शपथ लेने का समय आ गया है

पोस्टल बैलेट से मतदान की यह प्रक्रिया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व तक पूर्ण कर ली जायेगी आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा

उधर सागर जिले की सुरखी सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए चेकपोस्ट पर चौकस निगरानी के निर्देश दिये गये हैं मंदसौर के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर आज ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन किया गया इस दौरान मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक किया गया

हालांकि राहत की खबर यह है

जैसे ही संबोधन शुरू होगा हम इसका सीधा प्रसारण करेंगे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधी पर सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बापू की समाधि पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की वहीं विजयघाट स्थित शास्त्री जी की समाधी पर सभी प्रमुख नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देशवासियों से सत्य और अहिंसा के गांधी जी के मंत्रों का अनुसरण करने और स्वच्छ सक्षम सुद्रद्व तथा खुशहाल भारत के निर्माण के उनके सपने को साकार करने का आह्वान किया उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि गांधीजी ने अपने जीवन और शिक्षाओं से देशवासियों को सत्यप्रेम और मानवता की निःस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया

इधर प्रदेश में भी गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों महाप्रुषों को श्रद्वांजलि अर्पित की श्री चौहान ने इस अवसर पर भोपाल रिथित गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी विश्व के लिए न सिर्फ उपयोगी हैं बल्कि उनके विचारों और दर्शन में अनेक समस्याओं का समाधान भी छिपा है वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी भोपाल में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि चित्रकूट स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय में दोनो महापुरूषों की जयंती गरिमापूर्ण मनाई गई इस दौरान गांधी दर्शन एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर वेबिनार का आयोजन भी किया गया

धार में भी रन फॉर फिटनेस का आयोजन किया गया मंदसौर में सांसद ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बापू को याद किया खंडवा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महात्मा गांधी और लालबहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई उमरिया में स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में सौ फीट ऊंचे पोल पर तिरंगा फहराया गया सीहोर मुरैना सागर नरसिंहपुर सहित विभिन्न जिलों में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं मौसम मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर और उज्जैन संभाग से मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है हालांकि पूरे प्रदेश से अब तक मानसून की विदाई नहीं हुई है कई जगह अभी भी छिटपुट बारिश हो रही है राज्य में ठंडक ने भी करीब एक महीने पहले दस्तक दे दी है देर रात से सुबह तक ठंडक महसूस होने लगी है वहीं दिन में चिलचिलाती तेज धूप और उमस से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है